राष्ट्रपति आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है संबंधित एक सौ संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों में पारित चौबीसवां किया गया था राजपत्र अधिसुचना के अनुसार यह कानून एक सौ तीनवें संविधान संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस के नाम से जाना जाएगा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किया यह महोत्सव इस महीने की चौबीस तारीख तक चलेगा इसका विषय है नए भारत की आवाज बनें समाधान करें और नीति में अपना योगदान करें

इस मौके पर कर्नल राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश पढ़ा जिसमें श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव युवाओं के लिए अपनी सामूहिक आकांक्षाओं को स्वर देने का एक आदर्श अवसर है वन खेल महोत्सव राष्ट्रीय वन खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने एक सौ इंक्यावन पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में पांच दिनों से चल रही इस प्रतियोगिता का आज समापन हुआ इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने सड़सठ स्वर्ण इंक्यावन रजत और तैंतीस कांस्क पदक हासिल किए वहीं एक सौ अटठारह पदकों के साथ कर्नाटक ने दूसरा और केरल ने अड़सठ पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया राष्ट्रीय वन खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने आठवीं बार पहला स्थान हासिल किया है समापन अवसर पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा के साथ ही प्रदेश के पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव और वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए इस मौके पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि खिलाड़ियों का खेल के प्रति समर्पण होना चाहिए गौरतलब है कि वन खेल महोत्सव में उनतीस प्रदेशों और सात केंद्रशासित प्रदेशों के चौबीस सौ से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए सहकारिता मंत्री समीक्षा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि शक्कर कारखानों का उपयोग गन्ना से शक्कर बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा रायपुर में सहकारी शक्कर कारखानों के काम काज की समीक्षा के दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश में गन्ना का रकबा बढ़ाकर उत्पादन को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है उन्होंने अधिकारियों को उत्पादन लागत कम करने के उपाय सुझाने कारखानों में शक्कर के अलावा मोलासीस प्रेसमड़ बगास से बिजली उत्पादन और बिक्री की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए बैठक में उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले उन्नत किसानों को सम्मानित किया जाएगा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान की जाने वाली राशि में किसानों को किसी प्रकार का भ्रम न हो भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज नई दिल्ली से रायपुर पहुंचे माना विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है

आज राजधानी रायपुर में राज्य हज कमेटी की ओर से प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों के चयन के लिए कर्राह का आयोजन किया गया अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कर्राह का उदघाटन किया इस अवसर पर डॉक्टर प्रेमसाय ने कहा कि प्रदेश सरकार हज यात्रियों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रही है उन्होंने कहा कि नया रायपुर में बनने वाले हज हाउस के कार्य में तेजी लाई जाएगी और रायपुर से ही हज के लिए उड़ान की व्यवस्था करने पहल की जायेगी उन्होने सभी चयनित आवेदकों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की द्वा करने की अपील की कार्यक्रम में हज कमेटी के अध्यक्ष सैय्यद सैफूददीन और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए गौरतलब है कि हज कमेटी को इस बार आठ सौ तेईस आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से चार सौ सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई सत्तर साल से अधिक उम्र के तीस और बिना मेहरम के चार महिलाओं का चयन पूर्व में ही कर लिया गया था छत्तीसगढ़ से पहली बार बिना मेहरम के चार महिलाएं हज यात्रा पर रवाना हो रही हैं सीएसआईडीसी सामग्री खरीदी प्रदेश में अब जेम पोर्टल की जगह छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम सीएसआईडीसी के माध्यम से शासकीय विभागों में सामग्रियों की खरीदी की जाएगी इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बिलासपुर में उन्नीसवें राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए यह बात कही श्री बघेल ने उद्योगपतियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे जो सामग्री प्रदाय करें वे उच्च गुणवत्ता की हों उन्होंने उद्योगपतियों से नई उद्योग नीति बनाने के लिए सुझाव भी मांगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि स्थानीय उद्योगों के साथ ही बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को भी राज्य की नीति से प्रोत्साहन मिले जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोयला और लोहे के साथ ही कृषि तथा सब्जी आधारित प्रदूषण रहित उद्योगों को भी प्राथमिकता देगी उन्होंने कहा कि लघु उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा गुरू गोबिंद सिंह जयंती दसवें सिख गुरु गुरू गोबिंद सिंह जी की तीन सौ बावनवीं जयंती आज देशभर में मनाई जा रही हैं गुरू गोबिन्द सिंह जी का जन्म सोलह सौ छियासठ में पटना साहिब में हुआ था और वे दसवे सिख ग्रूओं में आखिरी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने गुरू गोबिन्द सिंह की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा तथा सत्य न्याय और करूणा के आदर्शो के लिए समर्पित कर दिया

सिक्का जारी करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरू गोबिंद सिंह जी कमजोर वर्गो के लिए सतत् संघर्ष करते रहे

वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे अन्याय के विरूद्व उनका जितना कड़ा रूख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था मानवता की रक्षा के लिए राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और द्निया परिचित है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों के कारण करतारपुर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिससे श्रद्दालु अब करतारपुर जाकर अरदास कर सकेंगे गुरू गोबिंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं लैंगिक अपराध रोकथाम प्रदेश में लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशासन और समाज को संवेदनशील बनाने की पहल की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल राज्य अतिथि गृह पहुना में राष्ट्रीय गरिमा अभियान से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और महिलाओं तथा बच्चों के विरूद्व होने वाली लैंगिक अपराधो पर रोकथाम के साथ ही पाक्सो एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन करने की मांग की इस पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को समुचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गुरूकुल शिक्षा केन्द्र बाबा गुरू घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में गुरू घासीदास के नाम पर गुरूकुल शिक्षा केन्द्र खोला जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गिरौदपुरी में नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह में की प्रगतिशील संतनामी समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री बघेल ने सतनाम पंथ के धर्मगुरूओं और राजमहंतों के साथ गुरू गद्दी पर मत्था टेककर राज्य की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा

यह इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है इस समय मतदाता सुची में नाम जोड़ने हटाने और सुधारने का काम जारी है पच्चीस जनवरी तक नये मतदाताओं के नाम भी जोड़े जा सकेंगे इस संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा